एक महीने तक चलने वाले इस सर्वेक्षण के आधार पर चने जाने वाले सबसे अच्छे जिलों और राज्यों को गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जायेगा

इनमें स्वच्छ मारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालयों का निर्माण और उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता का प्रत्यक्ष अवलोकन और ग्रामीणों की मौखिक तथा ऑनलाईन राय शामिल है

श्री मोदी ने कहा कि यह सर्वेक्षण एक विस्तृत प्रयास है जिससे स्वच्छ भारत के निर्माण के राष्ट्रीय प्रयासों को ताकत मिलने के साथ महत्वपूर्ण जानकारियां भी हासिल हो सकेंगी

गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने सोमवार को मुंबई में तीन दिन की बैठक शुरू की थी आर बी आई ने एक विज्ञप्ति में बताया कि समिति ने इस साल छह जून की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति के लिए हुई बैठक के फैसले के अनुसार तीन दिन की बैठक की रूपरेखा जारी करने का निर्णय लिया है देश के सबसे बडे ऋणदाता एसबीआई के आर्थिक शोध विभाग के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी तीसरी द्विमासिक नीति में प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा

आधार विशिष्ट पहचान संख्या है जिसका उपयोग विभिन्न सेवाओं लामों और सब्सिडी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के तौर पर किया जाता है प्राधिकरण ने कहा है कि सार्वजनिक रूप से आधार संख्या प्रस्तुत या प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह भी बैंक खाता और पैन संख्या की तरह संवदेनशील निजी जानकारी है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने ये जानकारी देते हुए कहा कि अब राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विशेष संक्षिप्त प्रनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग कर पात्र व्यक्तियों के ज्यादा से ज्यादा नाम मतदाता सूचियों में जुड़वाना चाहिए

यह किसी संस्थानिक क्षेत्र में प्रदेश का सबसे बड़ा पॉवर प्लांट बताया जा रहा हैं इसके शुरू होने के बाद एम्स को सालाना बिजली के बिल में डेढ़ से दो करोड़ रूपये की बचत होगी एम्स ने कुछ समय पहले नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया के जरिए एक कम्पनी से पॉवर प्लांट के सोलर पैनल लगाने के लिए अनुबंध किया था

आज आकाशवाणी पर सजीव फोन इन कार्यक्रम के जरिये लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने लोगो के स्वास्थ्य समस्याओं से जुडे विभिन्न सवालों के जवाब दिये